प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद सभी जिलों के ईव्हीएम और वीवीपैट डबल लॉक सिस्टम में स्ट्रांग रूम में रखे गए सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल के अट्ठाईस सौ जवान तैनात

सुप्रीम कोर्ट याचिका उच्चतम न्यायालय ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईव्हीएम की बजाए मतपत्रों से कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ एक गैर सरकारी संगठन के इस दलील से सहमत नहीं थी कि ईव्हीएम का द्रूपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए स्ट्रांग रूम सुरक्षा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद सभी सत्ताईस जिलों के ईव्हीएम और वीवीपैट डबल लॉक सिस्टम में स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं स्ट्रांग रूम में लगे ताले की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी और दूसरी विधानसभा निर्वाचन अधिकारी के पास है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल के अट्ठाईस सौ जवानों को तैनात किया गया है उल्लेखनीय है कि बीते मंगलवार को दूसरे चरण की बहत्तर सीटों पर मतदान के बाद सभी जिला मुख्यालयों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईव्हीएम पहुंच चुकी है सभी जिलों में प्रत्याशियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को सील किया गया है चौबीसों घंटे सशस्त्र बल के जवान निगरानी करेंगे इसके अलावा जिला पुलिस को भी तैनात किया गया है सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं विस चुनाव सी टॉप्स प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के तहत मतदान की जानकारी डिजिटल मोबाइल ऐप सी टॉप्स में अपलोड करने के मामले में गरियाबंद जिले ने प्रदेश ेमें पहला स्थान हासिल किया है इस ऐप के जरिये मतदान सामग्री रवानगी से लेकर वापसी तक पल पल की जानकारी उच्च अधिकारियों को सीधे ऐप के माध्यम से मिलती रही है एक अनुमान के मुताबिक अंठानये फीसदी सेक्टर अधिकारी रूट अधिकारी और पीठासीन अधिकारियों ने इस डिजिटल ऐप का उपयोग किया गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ ट्रैकिंग ऑफ पोलिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर सी टॉप्स के माध्यम से निर्वाचन से संबंधित सभी दलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया था जिसे मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता था इसके माध्यम से निर्वाचन दल की ट्रैकिंग की गई और मतदान केंद्र की जियो टैगिंग की गई

सी टॉप्स के माध्यम से मतदान केंद्र में हो रहे मतदान और वहां पर लगी मतदाताओं की लंबी कतारों की भी जानकारी मिली साथ ही हर दो घंटे में मतदान की स्थिति की जानकारी अपडेट होती रही

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर ओडिशा के साथ अनुबंध रद्द कर दिया है दोनों के बीच हुए समझौते के तहत निर्धारित अवधि में सत्तर प्रतिशत उड़ानों का संचालन नहीं किया गया अनुबंध का पालन नहीं करने के कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फिलहाल रायपुर जगदलपुर विमान सेवा बंद करने का फैसला किया है ओडिशा एविएशन के साथ समझौता खत्म होने से रायपुर से जगदलपुर के लिए अब कोई फ्लाइट तब तक नहीं मिलेगी जब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी अन्य एयरलाइंस से इस रूट के लिए नया अनुवंध नहीं करती माओवादी मुठभेड़ गिरफ्तार बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आज हुई मुठभेड़ में एक माओवादी के मारे जाने की खबर है पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों की टीम बासागुड़ा थाना क्षेत्र से तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान तिम्मापुर के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी के मारे जाने की खबर है वहीं सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कल एक महिला माओवादी कमांडर मारी गई है बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने बताया कि जिले के पुसपाल इलाके में चिंतलनार और डोंडीपदर के जंगलों में यह मुठभेड़ हई मुठभेड़ थमने के बाद मौके से महिला माओवादी का शव बरामद किया गया जिसकी पहचान पीएलजीए प्लाटून नंबर इकतीस की कमांडर ज्योति मुरयामी के रूप में हुई है उस पर आठ लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया था इस महिला माओवादी पर झीरम घाटी में हुए बड़े माओवादी हमलों में भी शामिल रहने का आरोप है इस बीच खबर मिली है कि सुकमा जिले के किस्टारम इलाके में टेटेमड़गु के पास माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में एक मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई मौके पर खून के निशान मिले हैं हालांकि मोटरसाइकिल सवार का अभी तक पता नहीं चला है

दोनों आरोपी बीस प्रतिशत कमीशन लेने का सौदा कर हैकर को किराये पर अकाउंट उपलब्ध कराते थे वहीं रकम खाते में पहुंचने के बाद बीस प्रतिशत रकम काटकर बाकी रकम विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती थी गौरतलब है कि पिछले दिनों व्यावसायिक सहकारी बैंक के अधिकारी महेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बैंक खाते से दो करोड़ सैंतालीस लाख रूपये की राशि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराई गई है सूचना पर पुलिस तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी दो अन्य आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार आरोपियों में राकेश सिंह कोलकाता का जबकि दूसरा आरोपी ओसाजी नाइजीरिया का रहने वाला है जो कुछ दिनों से मुंबई में रह रहा था पुलिस ने ओसाजी के पास से तीन पासपोर्ट भी जब्त किए हैं विस्फोटक बरामद दुर्ग जिले के ग्राम देउरझाड़ में पुलिस ने छापेमारी कर लाइम स्टोन खदान से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है मिली जानकारी के मुताबिक उतई पुलिस ने गिट्टी खदान से चौदह डेटोनेटर फ्यूज और एक सौ ग्यारह किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव जेल बरामद की है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है

घायलों में एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है जिसे रायपुर लाया गया है मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह चारों छात्र एक मोटरसाइकिल में सवार होकर बस स्टैंड की ओर जा रहे थे तभी उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर ट्रैफिक सिग्नल से जा टकराई

उधर महासमुंद जिले में पिथौरा थाना क्षेत्र के पास ग्राम गड़बेढ़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से एक बच्ची की मौत हो गई वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है नारायणपुर चांदमारी नारायणपुर जिले में सेनानी पैंतालीसवीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा कल से दो दिवसीय चांदमारी अभ्यास किया जाएगा यह अभ्यास सुबह सात से दोपहर चार बजे तक चांदमारी स्थल ग्राम धनोरा जमूरी क्षेत्र के तहत फायरिंग रेंज में किया जाएगा जिला प्रशासन ने चांदमारी अभ्यास की अनुमति देते हुए फायरिंग अवधि के दौरान ग्रामीणों और पालतू मवेशियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है रणजी ट्रॉफी छत्तीसगढ़ और रेलवे के बीच रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी स्पर्धा के तीसरे दिन आज रेलवे की पहली पारी तीन सौ तीस रन पर सिमट गई इससे पहले छत्तीसगढ़ ने अपनी पहली पारी में तीन सौ रन बनाए थे रेलवे की ओर से महेश रावत ने शतकीय पारी खेलते हुए एक सौ दस रन बनाए वहीं छत्तीसगढ़ की ओर से पंकज राव ने पांच विकेट हासिल किए छत्तीसगढ़ की दूसरी पारी की शुरूआत बेहद खराब रही और एक रन पर ही उसके दो खिलाड़ी पवेलियन लौट गए खेल खत्म होने तक छत्तीसंगढ़ ने दो विकेट के नुकसान पर एक रना बना लिए थे छत्तीसगढ़ अभी भी रेलवे की पहली पारी के आधार पर उनतीस रन पीछे है गुरूनानक जयंती सिखों के पहले गुरू साहेब श्री गुरूनानक देवजी की कल जयंती है इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे